वे राज्य के एक दिन के दौरे पर हैं उन्होंने रायबरेली की आघ्निक कोच फैक्ट्री में निर्मित हमसफर रेलगाड़ियों की श्रंखला के नौ सौवें डिबे को झंडी दिखाकर रवाना किया

एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद इसके काम में तेजी लाई गई श्री मोदी ने कहा कि रायबरेली रेल डिब्बा कारखाना जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र बन जायेगा आने वाले समय में रायवरेली रेल कोच निर्माण के मामले में एक ग्लोबल हब बनने वाला है कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए देश के लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए रेलवे के अलावा हाइ ये एयर वे वाटर वे और आई ये हर क्षेत्र पर तेज गति से काम किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि दो तीन वर्ष में इस कारखाने में प्रतिवर्ष तीन हजार रेल डिब्बों का निर्माण होने लगेगा उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि इसकी निर्माण क्षमता बढ़ाकर प्रतिवर्ष पांच हजार डिब्बे कर दी जाये कारखाने के विस्तार से रोजगार के अवसर पैदा होंगे राफाल सौदे का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठी बातें फैला रही है और देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश रक्षा बलों के प्रति पिछली सरकार के रवैये को कभी नहीं भूलेगा और न ही माफ करेगा इससे पहले श्री मोदी ने इस आधुनिक कारखाने का निरीक्षण किया हमारे संवाददाता ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के एक सौ तैंतीस किलोमीटर लंबे रायबरेली फतेहपुर बांदा खण्ड राष्ट्र को समर्पित किया

फैक्ट्री के विस्तार से लोग यहां प्रसन्न और उत्साहित हैं क्योंकि इससे रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे नई सड़क बन जाने से रायबरेली से बांदा के बीच यातायात सुगम हो जायेगा तथा ट्रैफिक जाम तथा प्रदृषण से मुक्ति मिलेगी यह मार्ग उस क्षेत्र विशेषकर बुंदेलखंड के विकास में बड़ा मददगार साबित होगा इससे प्रर्वाचल और बुंदेलखंड सीधे जुड़ जायंगे जिससे वित्रकूट धाम में पर्वटन को बढ़ावा मिलेगा

प्रधानमंत्री रायबरेली का दौरा करने के बाद प्रयागराज पहुंच गये हैं उन्होंने कुंभ मेले के लिए आध्निक कमान और नियंत्रण केन्द्र का लोकार्पण किया वहां उन्होंने गंगा पूजन करने के बाद कुम्म प्रदर्शनी का दौरा भी किया प्रयागराज के अंदावा में एक जनसभा को सम्बोधित करते हूये श्री मोदी ने कहा कि कुम्म में आने के लिये पूरी दुनिया को न्यौता दिया गया है यहां आने से उन्हें ऊर्जा मिलती है उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत के उपलक्ष्य में राष्ट्र आज विजय दिवस मना रहा है इस अवसर पर प्राणों की आहति देने वाले शहीदों को भावनीनी श्रद्वांजलि दी जा रही है रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन नौसेनाध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीरेन्द्र सिंह धनोआ ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्वासुनन अर्पित किए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकेयानायड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जांबाज सैनिकों को श्रद्वांजलि अर्पित की एक ट्वीट संदेश में श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि राष्ट्र अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के प्रति कृतज्ञ है एक ट्वीट संदेश में श्री वैंकेयानायडु ने लोगों से बहादुर सैनिकों के शौर्य और निःस्वार्थ बलिदान को याद रखने का आह्वान किया श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि शहीदों की देशमक्ति और साहस ने पूरे देश की सुरक्षा सुनिश्चित की है उन्होंने कहा कि उनकी देशसेवा प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करती रहेगी कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने ट्वीट संदेश में कहा कि सशस्त्र बलों का साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा बुलन्दशहर हिंसा के मामले में पुलिस ने चार और आरोपियों अन्टी उर्फ अमित आशीष कुमार हेमू और अंकुर को गिरफ्तार कर लिया है इन्हें लेकर इस मामले में अब तक सत्रह आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं मुख्य आरोपित योगेश राज अभी भी फरार है बुलंदशहर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी फ़रार आरोपियों के ख़िलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी किया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि फ़रार अभियुक्तों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है अगर ये आरोपित समपर्ण नहीं करते हैं या उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती तो उनके ऊपर शीघ्र ईनाम घोषित किया जायेगा और उनकी सम्पत्ति कुर्क कर ली जायेगी तीन दिसम्बर को हुई इस हिंसा के मामले में सत्ताईस नामज़द और चौसठ अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की गई है विशेष जांच दल एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है